भारत ने रिकॉर्ड समय में छह करोड़ से अधिक कोविड के टीके लगाकर एक महत्वपूर्ण उपलब्यि हासिल की छत्तीसगढ़ में भी कल रिकॉर्ड एक लाख चौदह हजार से अधिक लोगों ने लगवाए टीके दंतेवाड़ा जिले में एक इनामी समेत तीन माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले से तीन माओवादी गिरफ्तार प्रेम भाईचारे और रंगों का त्यौहार होली कल मनाया जाएगा आज रात किया जाएगा होलिका दहन राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने होली खेलते समय कोरोना से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की

आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि सभी के लिए यह गर्व की बात है कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है उन्होंने कहा कि सौ वर्ष से अधिक उम्र के बहुत से लोगों ने टीके लगवाये हैं और घर के बुजुर्गो में टीके के प्रति उत्साह स्पष्ट रूप से नजर आता है श्री मोदी ने कहा कि सभी को कोरोना से लड़ने का मंत्र याद रखना चाहिए कि दवाई भी कड़ाई भी प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष मार्च में देशवासियों ने पहली बार जनता कर्फ्यू शब्द सुना और लोगों ने अनुशासन का अभूतपूर्व उदाहरण पेश किया है पिछले वर्ष ये मार्च का ही महीना था देश ने पहली बार जनता कर्फ्यू शब्द सुना था लेकिन इस महान देश की महान प्रजा की महाशक्ति का अनुमव देखिये जनता कर्फ्यू पूरे विश्व के लिए एक अचरज बन गया था

उसी प्रकार से हमारे कोरोना वारियर्स के प्रति सम्मान आदर थाली बजाना ताली बजाना दिया जलाना आपको अंदाजा नहीं है कोरोना वारियर्स के दिल को कितना छू गया था वो और वो ही तो कारण है जो पूरी साल भर वे बिना थके बिना रुके डटे रहे देश के एक एक नागरिक की जान बचाने के लिए जी जान से जूझते रहे श्री मोदी ने कहा कि यह बहुत ही सुखद संयोग है कि उन्हें पचहत्तरवीं बार मन की बात करने का अवसर मिला है और इसी महीने पूरे देश में आजादी के पचहत्तर साल के अमृत महोत्सव की शुरूआत भी हो रही है

यह महोत्सव पंद्रह अगस्त दो हजार तेईस तक जारी रहेगा श्री मोदी ने कहा कि अमृत महोत्सव के माध्यम से किसी भी स्वतंत्रता सेनानी की संघर्ष गाथा किसी स्थान के इतिहास को सामने लाकर देशवासियों को उससे जोड़ने का माध्यम बनाया जा सकता है प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत महोत्सव के जरिये ऐसी अमृतधारा बहेगी जो हमें भारत की आजादी के सौ वर्ष तक प्रेरणा देगी साथियो किसी स्वाधीनता सेनानी की संघर्ष गाथा हो किसी स्थान का इतिहास हो देश की कोई सांस्कृतिक कहानी हो अमृत महोत्सव के दौरान आप उसे देश के सामने ला सकते हैं देशवासियों को उससे जोड़ने का माध्यम बन सकते हैं आप देखिएगा देखते ही देखते अमृत महोत्सव ऐसे कितने ही प्रेरणादायी अमृत बिंदुओं से भर जाएगा और फिर ऐसी अमृत धरा बहेगी जो हमें भारत की आजादी के सौ वर्ष तक प्रेरणा देगी देश को नई ऊँचाई पर ले जाएगी कुछ न कुछ करने का जज्बा पैदा करेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में रोजगार के नये अवसर पैदा करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए परंपरागत कृषि के साथ ही नये विकल्पों को अपनाना भी जरूरी है उन्होंने कहा कि मधुमक्खी पालन देश में शहद क्रांति या मीठे आंदोलन का आधार बन रहा है कोविड समीक्षा केन्द्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों वाले बारह राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की इन राज्यों में छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र गुजरात हरियाणा तमिलनाडु मध्यप्रदेश पश्चिम बंगाल दिल्ली जम्म्र कश्मीर कर्नाटक पंजाब और बिहार शामिल हैं बैठक में राज्यों को सुझाव दिया गया कि वे सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों और कटेंनमेंट का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें इन राज्यों को बताया गया कि पिछले वर्ष मई के बाद देश में कोविड मामलों की साप्ताहिक संख्या और मृत्युदर में तेजी से वृद्धि हुई बैठक में विशेष रूप से उन छियालीस जिलों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया जहां इस महीने संक्रमण के बढ़ते मामलों का इकहत्तर प्रतिशत मामले सामने आए और इससे जान गंवाने वालों की संख्या उनहत्तर प्रतिशत रही है राज्यों को यह भी सुझाव दिया गया है कि अधिक जुर्माना लगाने जैसे उपायों से कोविड प्रतिबंधों को लागू किया जाए होली शबे बारात और ईस्टर जैसे त्योहार अपने घरों में ही मनाने की भी सलाह दी गई है कोरोना टीकाकरण भारत ने रिकॉर्ड समय में छह करोड़ से अधिक कोविड के टीके लगाकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है विश्व में सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत कल देश में साढ़े इक्कीस लाख से ज्यादा लोगों को टीके लगाये गए केवल इकहत्तर दिन में देशभर में अब तक छह करोड़ दो लाख उनहत्तर हजार टीके लगाए गए हैं इधर छत्तीसगढ़ में भी स्वास्थ्यकर्मियों फ्रंटलाइन वर्कर्स और आम लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है कल रिकॉर्ड एक लाख चौदह हजार से अधिक लोगों ने टीकाकरण केन्द्र पहुंचकर कोरोना का टीका लगवाया स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण के लिए पात्र सभी लोगों से अपील की है कि वे जल्द ही अपना और अपने परिजनों का टीकाकरण कराएं ताकि कोरोना से होने वाले नुकसान से बचा जा सके राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक और राज्य कोरोना टीकाकरण की राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने कहा है कि राज्य स्तरीय टीम आगे भी अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण करने के लिए दृढ़ संकल्पित है राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अमर सिंह ठाक्र ने बताया कि प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए टीकाकरण अभियान में तेजी लाई गई है इस बीच कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए संचालनालय सैनिक कल्याण और जिला सैनिक कल्याण रायपुर के अधिकारियों कर्मचारियों ने अपने परिजनों के साथ टीके लगवाए संचालक ब्रिगेडियर विवेक शर्मा ने सभी जिलों के सैनिक कल्याण अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने कार्यालय में कार्यरत् सभी कर्मचारियों और उनके परिजनों को लगवाने के लिए प्रेरित करें

इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर तीन लाख सैंतीस हजार से अधिक हो गई है जिनमें से तीन लाख सोलह हजार लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं वर्तमान में सत्रह हजार आठ सौ से अधिक मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक चल रही है बैठक में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की जा रही है इधर राजनांदगांव जिले में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर गुड़ाख् लाइन मार्ग को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है वहीं डोंगरगढ़ के गोलबाजार भगत सिंह चौक और बुधवारी पारा को भी कंटेनमेंट जोन बनाया गया है वहीं दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है जिसके तहत धारा एक सौ चवालीस का उल्लंघन करने और अनावश्यक भीड़ एकत्रित करने पर संबंधित व्यक्ति को खिलाफ जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी इसी तरह बालोद में पुलिस ने मुख्य मार्गो पर फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से कोरोना से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की उधर जांजगीर चांपा जिला कलेक्टर के आदेश के तहत हवाई रेल या सड़क मार्ग से जिले में आने वाले अन्य राज्यों के सभी यात्रियों के लिए सात दिनों का होम आइसोलेशन अनिवार्य किया गया है इस बीच कबीरधाम जिला कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए त्यौहार मनाने की अपील की है उन्होंने कहा है कि यथासंभव घर पर अपने परिवार के साथ ही होली मनाएं और आवश्यक होने पर ही घर से बारह निकलें मुख्यमंत्री स्वीडन दुतावास छत्तीसगढ़ में निवेश और विभिन्न क्षेत्रों में साझा सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श करने के लिए स्वीडन के राजदूत जल्द ही छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आएंगे स्वीडन दूतावास के उप मिशन प्रमुख गौतम भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में मुलाकात के दौरान यह जानकारी दी इस दौरान स्वास्थ्य उद्योग और वन सहित विमिन्न क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ और स्वीडन के बीच परस्पर सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया गया

इन माओवादियों ने लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव के समक्ष आत्मसमर्पण किया ये माओवादी कटेकल्याण इलाके में लंबे समय से सक्रिय थे और इन पर कई हिंसक वारदातों में शामिल रहने का आरोप है वहीं इसी जिले में सुरक्षा बलों ने मालेवाही इलाके से दो माओवादियों को गिरफ्तार किया है इसी तरह बीजापुर जिले के मैरमगढ़ थाना क्षेत्र में भी सुरक्षा बलों ने सर्चिंग के दौरान एक इनामी माओवादी को गिरफ्तार किया है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 इधर राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र के सोनपाठ के जंगलों में सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों ने बरनारा के पास माओवादियों द्वारा जमीन के नीचे छिपाकर रखीं दवाइयां बरामद की हैं होलिका दहन प्रेम भाईचारे और रंगों का त्यौहार होली कल मनाया जाएगा इसके पहले आज रात बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होलिका दहन किया जाएगा राजधानी रायपुर के प्रमुख चौराहों और गली मोहल्लों में होलिका दहन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं हालांकि इस साल कोरोना संक्रमण के मद्देनजर पांच से अधिक लोग होलिका दहन कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा वहीं इस बार भी जागरूकता की वजह से कई जगहों पर लकड़ी के स्थान पर कण्डों की होली जलाने की तैयारी की गई है राज्यपाल अनुसुईया उइके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्यज साहू ने प्रदेशवासियों को होली की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने प्रदेशवासियों से आग्रह किया है कि होली पर्व मनाते समय कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शासन के दिशा निर्देशों का पालन करें और विशेष सावधानी बरतें हर्बल गुलाल रंगों के पर्व होली में खुशियां बिखेरने में रंग और गुलाल का विशेष महत्व होता है लेकिन रसायनों से निर्मित रंग और गुलाल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के साथ ही पर्यावरण के लिए भी नुकसानदेह होते हैं होली पर्व को सुरक्षित और सेहतमंद बनाने के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने एक अभिनव पहल करते हुए प्राकृतिक वनस्पतियों से विभिन्न रंगों के हर्बल गुलाल बनाने की शुरूआत की है कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा स्व सहायता समूहों के माध्यम से हर्बल गुलाल का निर्माण और विक्रय किया जा रहा है कृषि विज्ञान केन्द्रों के मार्गदर्शन में विभिन्न स्व सहायता समूह की महिलाओं ने चौव्वन क्विंटल हर्बल गुलाल तैयार किया है जिसमें पच्चीस क्विंटल हर्बल गुलाल के विक्रय से इन समूहों ने पौने सात लाख रूपये की आय अर्जित की है संक्षिप्त समाचार बस्तर पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है इनके पास से दस हजार रूपये नगद सोने चांदी के जेवरात और मोटरसाइकिल सहित चोरी के अन्य सामान बरामद किए गए हैं

कोरबा जिले के कटघोरा वनमंडल के पसान एतमा नगर और केंदई वन परिक्षेत्र में हाथियों का दल अलग अलग समूहों में विचरण कर रहा है वन विभाग की टीम ने मुंगेली जिले के शिवतराई जंगल में चीतल का अवैध शिकार करने के मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है